उसने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में बैंकों की बाजार पूंजी के आधार पर उनकी ऋण शोधन क्षमता को लेकर भ्रामक विश्लेषण किया जा रहा है रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंकों की ऋण शोधन क्षमता जोखिम के प्रति उनकी पर्याप्त पृंजी के अनुपात पर आधारित है न कि उनके शेयरों के बाजार मूल्य पर

ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया जाना भी आवश्यक है संदिग्ध व्यक्ति द्वारा जांच और उपचार में सहयोग नही करना दंडनीय अपराध है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कृमार सिंह ने आज जयपूर में कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम गतिविधियों की विस्तत समीक्षा की

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अब एसएमएस अस्पताल में ही कोरोना पॉजिटिव के बारे में कनफर्म रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगी

जयपुर में आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक हई ॅजिसमें राज्यसभा सीटों के लिए संभावित नामों पर चर्चा की गयी दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कुछ संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा शुरू कर दी है राज्य के नेता एक पैनल बनाकर आलाकमान को भेजेंगे जहां से अंतिम फैसला होना है

आज होलिका दहन परम्परानुसार किया जा रहा है

उधर राजसमंद में श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा और द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में विशेष आयोजन हो रहे हैं इस बीच बच्चों और युवाओं में लोगों में कल रंग खेलने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है शहरी क्षेत्रों में आज रंग पिचकारी और मिठाइयों की द्वकानों पर बाजारों में खरीददारों की भीड़ लगी हुई है उधर टोंक में कल धुलंडी के अवसर पर निकलने वाली बादशाह की सवारी के मद्देनजर आज मुख्य मार्गो से फ्लैग मार्च निकाला गया होली के त्यौहार के चलते रेलों और बसों में यात्रियों की भारी भीड़ है वहीं श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य में हाल की बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए होली नहीं मनाने का फैसला किया राजस्थान पुलिस ने कारोना वायरस संकमण के मद्देनजर होली नहीं खेलने का निर्णय किया है